मृतक छात्रों की पहचान कक्षा पांच का छात्र दस वर्षीय रिनचिन ल्हामू और कक्षा छह के छात्र गेनडेन वांगम के रुप में की गई है यह घटना उस समय हुई जब छात्र रात को अपने हॉस्टल में सो रहे थे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में भूस्खलन की घटना में छात्रों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक के निकट संबंधी को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है श्री खांडू ने घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की है उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रुप से स्थिति की निगरानी करने और खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने के निर्देश दिये है इधर राज्य में कई दिनों से हो रही बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचा है वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय आलो में राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने की खबर है राजधानी क्षेत्र ईटानगर में भी कई कॉलोनियों और गांवों को जोड़ने वाले मार्गों पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित है असम में लगातार हो रही बारिश के कारण आज भी बाढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है

सरकारी सूत्रों ने बताया कि धेमाजी बोरपेटा और बोंगाईगाव सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हैं बाढ़ का पानी विश्व धरोहर कांजीरंगा पार्क के लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सों में फैल गया है कई अन्य राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र में पानी घुस गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल राहत कार्यों में लगे हुए है और स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ है और सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला और शहरी विकास मंत्री कामलूंग मोसांग ने कल राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात की बैठक के दौरान राज्यपाल ने मिआओ विधानसभा के विधायक कामलुंग मोसांग से विजयनगर जैसे दूर दराज क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने को कहा राज्यपाल ने कहा कि बारिश के दौरान विजयनगर का सड़क संपर्क कटा रहने से क्षेत्र के लोगों की बुनियादी जरुरते पूरी नहीं हो पाती उन्होंने मिआओ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से के विकास पर जोर दिया राज्यपाल ने सभी योग्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म सुनिश्चित करने को कहा बैठक के दौरान चांगलांग जिला उपायुक्त आर के शर्मा सीमा सड़क संगठन उदोयक के मुख्य अभियंता जितेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीरारामन ने कहा है कि दो हजार चौबीस पच्चीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य एक उचित योजना पर आधारित है आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने इस दिशा में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यौरा दिया वित्तमंत्री सीतारामन ने कहा कि बजट में जो व्यापक दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुदृढ़ता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्धि की योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है वित्तमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा उठाये गये कदमों पर प्रकाश डाला और कहा कि कृषि पर एनडीए सरकार का ध्यान किसी एक योजना पर आधारित नहीं है बल्कि समूचे क्षेत्र में सुधार लाने पर केंद्रित है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रुपये के नकद अंतरण का लाभ अब सभी किसानों को मिलेगा सीतारामन ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार के वचन को दोहराया उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पेंशन देने की दिशा में काम कर रही है वित्तमंत्री ने कहा कि दो हजार बाईस तक कृषि निर्यात दोगुना हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के आकलन से संबंधित विपक्ष की आलोचनाओं को खारीज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो भी अनुमान लगाया गया है वह यथार्थ पर आधारित है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों महिलाओं मनरेगा और आवास पर धनराशि के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है बल्कि इसे बढ़ाया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि मंहगाई नियंत्रण में है और बैंको के फंसे हुए ऋण एनपीए के मामले व्यापक रुप से निपटाए जा रहे हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दो चरणों में बयासी नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अटठावन जिलों की पहचान कर ली गई है जिनका अनुमोदन केंद्र सरकार ने कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि दूसरे चरण के लिए आठ राज्यों में चौबीस चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे इनमें से सत्रह को मंजूरी भी दे दी गई है डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि पहले चरण में शामिल चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए राज्य सरकारों को पिचहत्तर अरब सात करोड़ रुपये जारी किये गये है